स्वच्छ भारत अभियान के तहत उधम सिंह नगर में कल्याणी नदी की सफाई का काम निगम कर्मियों और लोगों ने मिलकर किया

मुख्यमंत्री आपदा प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आपदा की स्थिति में कम से कम समय में त्वरित बचाव और राहत कार्य शुरू करने के लिए हमेशा तैयार रहें मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ये निर्देश जारी किए इस दौरान प्रदेश में आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील उत्तरकाशी चमोली रूद्रप्रयाग बागेश्वर चम्पावत पिथौरागढ़ टिहरी और पौड़ी जिलों की समीक्षा की गई मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि भवन क्षतिपूर्ति आदि की प्रगति की जानकारी ली उन्होंने इस बरसात में जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में आपदा के न्यूनीकरण के लिए किए गये प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया उन्होंने आगे भी सड़क मार्गो को यातायात के लिए खुला रखने और पेयजल स्वास्थ्य और बिजली की व्यवस्था नियमित रखने को कहा मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के विधायक इस बात से सहमत है कि आपदा के दौरान प्रशासन की टीमों ने समय पर कार्रवाई की इससे पता चलता है कि सरकार ने आपदा के दौरान तुरंत राहत का काम शुरू किया उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान गोदामों में खाद्यान सामग्री का पर्याप्त मात्रा में भण्डारण किया जाए आपदा राहत चमोली की जिलाधिकारी ने थराली विकासखण्ड के आपदा प्रभावित सोलपट्टी के ढाडरबगड़ क्षेत्र का भ्रमण किया और क्षतिग्रस्त परिसंमपत्तियों और बंद मोटर मार्ग का जायजा लिया उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों से बात की और उनकी समस्यांए सुनी आपदा प्रभावितों को हर सम्भव मदद का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में खद्यान्न सामग्री की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी मुख्यमंत्री स्वरोजगार मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि राज्य में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थाए और उद्योग सरकार के साथ मिलजुल कर काम करें वे सचिवालय में प्रदेश में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाये जाने के बारे में इन्डस्ट्रियल एसोसिएशन उत्तराखण्ड के प्रतिनिधिमण्डल से चर्चा कर रहे थे उन्होंने कहा कि पर्वतीय जिलों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण और लोगों में औपचारिक शिक्षा के स्थान पर व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्राथमिकता देनी होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्थानीय संसाधनों उत्पादों और मांग के आधार पर स्वरोजगार की असीम संभावनाएं है कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से पर्वतीय जिलों में पलायन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है

इसका आयोजन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित हरित कौशल विकास कार्यक्रम के तहत किया गया है इस मौके पर अल्मोड़ा के मुख्य विकास अधिकारी ने लोगों से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कौशल विकास के लिए चलाए जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने पर जोर दिया

शिक्षक पात्रता केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी की परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं

स्वच्छता स्वच्छ भारत अभियान के तहत ऊधमसिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में बहने वाली कल्याणी नदी में निगम कर्मियों और जन सहभागिता के माध्यम से सफाई की गई स्वच्छता के आभाव में कल्याणी नदी में काफी समय से कचरा जमा हो गया था जिस कारण नदी का बहाव रुक गया था यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो गया था स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर निगम ने पर्यावरण मित्रों और जनता के सहयोग से पूरी नदी की सफाई की नगर निगम आयुक्त जय भारत सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर में सफाई का काम आगे भी चलता रहेगा स्थानीय नागरिक इदरीश अहमद का मानना है कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों के अंदर साफ सफाई के प्रति धीरे धीरे जागरूकता आ रही है उनका मानना है कि अगर सब लोग स्वच्छता के प्रति जागरुक हो जाएं तो देश से गंदगी का सफाया हो जाएगा

स्वास्थ्य अल्मोड़ा में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा गया है कि वे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों को दूरस्थ क्षेत्रों तक प्रचारित करने के लिए क्षेत्र भ्रमण कर सर्वे करें यह निर्देश जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की एक समीक्षा बैठक में दिए उन्होंने च्च्छक्ज के बारे में इस वर्ष किए गए निरीक्षणों की रिर्पोट भी प्रस्तुत करने को कहा बैठक में जिलाधिकारी ने टीकाकरण और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की जानकारी देते हए कहा कि स्कूलों में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण नियमित रूप से किया जाए उधर बागेश्वर में जिलाधिकारी ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया

इस दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वाड़ों विभागों पैथोलॉजी लैब और इमरजेंसी कक्ष का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं में आवश्यक सुधार के निर्देश दिए दुर्घटना उत्तरकाशी में साइकिल चलाते हुए दो बच्चों के पहाड़ी से गिर जाने के बाद उन्हें तलाशते वक्त ग्राम प्रधान भी उसी जगह पर पहाडी से नीचे गिर गए इस हादसे में तीनों लोगों की मृत्य हो गई पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिले के विकास खण्ड भटवाड़ी के पाला गांव के पास यह दुर्घटना हुई भ्रामक सुचना बागे वर जिले में पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक सुचना फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है बैजनाथ पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना फैलाने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है जिले में सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि सोशल मीडिया पर झूठी सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए

गढ़वाल के अनेक स्थानों और कुमाऊं के अधिकतर हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है साथ ही कुमाऊं क्षेत्र में कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है

इस चेतावनी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं